राज्य सरकार सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध करायेगी राशन और भरण पोषण भत्ता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिये कल राज्य के बीस जिलों में सुबह सात बजे से शाम छः बजे तक होगा मतदान कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत ने एकजुट होकर पिछले वर्ष कोरोना को हराया है और हम इसे फिर हरा सकते हैं कल शाम कोविड महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रयासों में तेज गति और बेहतर समन्वय की जरूरत है बैठक में औषधीय आक्सीजन वेलीटेर और वैक्सीनेशन के विभिन्न पक्षो पर विचार विमर्श किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि परीक्षण निगरानी और उपचार का कोई विकल्प नहीं है जल्दी परीक्षण होने और समुचित निगरानी से मौतों की संख्या कम की जा सकती है उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को लोगों की चिंताओं के प्रति और अधिक सक्रिय और संवेदनशील होने की जरूरत है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्यों से कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविघाए तथा अन्य संबंधित बुनियादी ढांचा तैयार करने की योजना समय से पहले बनाने को कहा है उन्होंने राज्यों से अपने अपने क्षेत्र में पांच छह शहरों पर ध्यान देने का अनुरोध किया है और कहा है कि इन शहरों या आस पास के जिलों में मेडिकल कॉलेजों की पहचान की जानी चाहिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड प्रकोप से निपटने के लिए ग्यारह राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की बैठक में वैक्सीन के लाभार्थियों और वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर भी चर्चा की गई

दूसरी तरफ हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ के कोविड अस्पतालों में सभी कोविड सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्रशासन की मदद कर रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोविड अस्पतालों में सभी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा और औषधी विभाग को विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति की निगरानी करने को कहा है उन्होंने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है मुख्यमंत्री ने राज्य में रेमडेसिविर इन्जेक्शन उपलब्ध कराने को कहा है

इस दौरान आपातकालीन सेवाए टीकाकरण और जागरूकता अभियान जारी रहेगा पूर्व निर्धारित परीक्षाए और औद्योगिक ईकाइयां भी सामान्य रूप से काम करेंगी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि इस दौरान सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से रोडवेज की बसों को पचास प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है

अंतिम संस्कार के लिये अधिकतम बीस व्यक्तियों को शामिल होने की छूट होगी प्रदेश में कई केन्द्रों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी अपना एडमिड कार्ड दिखा कर जा सकेंगे प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है

अब प्रदेश में करीब डेढ़ लाख कोरोना के सक्रिय मामले हैं

इस बीच प्रदेश के गन्ना एवं चीनी मंत्री सुरेश राणा कोरोना से संक्रमित हो गये हैं

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो गया राज्य के बीस जिलों में दूसरे चरण के लिये कल मतदान होगा मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक चलेगा इस चरण में जिन जनपदों में चुनाव होना है वे है मुजफ्फरनगर बागपत गौतमबुद्द नगर बिजनौर अमरोहा बदायू एटा मैनपुरी कन्नौज इटावा ललितपुर चित्रकूट प्रतापगढ़ लखनऊ लखीमपुर खीरी सुल्तानपुर गोण्डा महराजगंज वाराणसी और आजमगढ़

प्रधानमंत्री ने स्वामी अवघेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत की और उनसे अनुरोध किया कि दो शाही स्नान पहले ही संपन्न होने को देखते हुए कुंभ के उत्सव को केवल प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि इससे महामारी के खिलाफ संघर्ष को बल मिलेगा श्री मोदी ने कोविड से संक्रमित संतों के स्वास्थ्य के बारे में भी पूछताछ की और प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए संतों का आभार व्यक्त किया इस बीच महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड दिशा निर्देशों का पालन करें और बड़ी संख्या में कुंभ स्नान के लिए न आए उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री की अपील का सम्मान करते हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मिर्जापुर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ विन्ध्याचल मंदिर को श्रद्वालुओं के लिये बंद कर दिया गया है नवरात्रों के दौरान चल रहे मेले को भी रद्द कर दिया गया है मंदिर प्रशासन ने नवरात्रों के दौरान दूर दराज से आने वाले श्रद्वालुओं को दर्शन पूजन के लिये न आने की अपील की है